टीकाकरण के लिये तीन सौ केन्द्र बनाये गये

मौसम विभाग का पूर्वानुमान अगले दो से तीन दिनों में ठंड में होगी बढ़ोतरी बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में देश में कोविड की स्थिति तथा राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में टीकाकरण की तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा की गई इस बैठक में मंत्रिमंडल सचिव प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव स्वास्थ सचिव और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले चरण में एक करोड़ स्वास्थ्यकर्मी और दो करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त वैक्सीन लगेगी फिर पचास से अधिक उम्र के छब्बीस करोड़ और पचास साल से कम उम्र के एक करोड़ ऐसे लोग जिन्हें गंभीर बीमारी है उन्हें टीका लगेगा इधर पटना समेत राज्य के तीन सौ केन्द्रों पर टीका लगेगा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि टीकाकरण केंद्रों की संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ाई जाएगी अब तक चार लाख बासठ हजार स्वास्थ्यकर्मियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बारह जनवरी तक सभी राज्यों के कोल्ड चेन सेंटर तक वैक्सीन पहुंचा दी जायेगी राज्य में पहले चरण के टीकाकरण के लिये सभी जिलों को सीरिंज की आपूर्ति की जा चुकी है टीकाकरण के दौरान कोई समस्या न हो इसके लिये सभी जिलाधिकारी को टीकाकरण कोन्द्रों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है पटना में आईजीआईएमएस को नोडल सेंटर बनाया गया है पटना में पहले चरण के टीकाकरण के लिये पंद्रह सेंटर बनाये गये हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत स्वदेश में निर्मित दो कोविड टीकों से समूची मानवता की रक्षा करने को तैयार है उन्होंने कहा कि भारत में निर्मित उत्पादों और उपायों से पूरे विश्व को फायदा होगा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का वर्च्यअल तरीके से उद्घाटन करते हुए उन्होंने यह बात कही

आज भारत एक नहीं बल्कि दो मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है इस पर भी नजरें हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रवासी भारतीयों ने कोविड महामारी से निपटने में बड़ा योगदान दिया है उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फंड में उनके योगदान से देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुद्रढ़ करने में मदद मिली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल देशभर के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिये संवाद करेंगे श्री मोदी इस दौरान देशभर में कोविड महामारी की स्थिति और कोविड टीकाकरण को लेकर तैयारियों पर विचार विमर्श करेंगे प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव आठ तीन प्रतिशत हो गई है एक दिन में चार सौ ग्यारह मरीजों को उपचार के बाद छट्टी दी गई जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख पचास हजार आठ सौ अंठावन हो गई है वहीं इसी अवधि में चार सौ तिरानवे नये मामलों की भी प्रष्टि हुई जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा दो लाख छप्पन हजार चार सौ उन्नीस हो गया है राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक हजार चार सौ तीस हो गई है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या चार हजार एक सौ तीस है इधर पटना एम्स में पिछले चौबीस घंटे के दौरा कोरोना संक्रमण से पांच लोगों की मौत हो गई वहीं पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्त्री और प्रसूती रोग विभाग की पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर शांति एच के सिंह की कोरोना से निधन हो गया पिछले कई दिनों से से उनका पटना एम्स में इलाज चल रहा था केन्द्र सरकार ने लोगों से कोविड टीकाकरण को लेकर फैलाये जा रहे अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है स्वास्थ्य मंत्रालय और वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों ने कहा है कि देश में स्वीकृत कोविड का टीका अन्य देशों में विकसित किये गए किसी भी वैक्सीन के समान ही कारगर है दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर वेद चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार द्वारा स्वीकृत कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है साउंड बाईट जहां तक सेफ्टी की बात है मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं जो ट्रायल्स हुए है सभी वैक्सीन की चारों वैक्सीन की जो अभी इस कंट्री में नहीं है और जो हमारे पास है जहां तक सेफ्टी का इश्यू है देश को घबराना नहीं चाहिए ये बिलकुल सेफ वैक्सीन है

भाजपा पटना जिला कार्यसमिति की बैठक आज पटना में आयोजित की गई है इस बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल बिहार प्रभरी भूपेन्द्र यादव केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे प्रदेश के पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल ने गोपनीय शाखा में कार्यरत सत्रह पुलिस पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों को पटना स्थित पुलिस महानिदेशक के रक्षित कार्यालय में योगदान करने का आदेश दिया है इसके अलावा छह पुलिसकर्मियों को भी डीजीपी सेल से पैतृक जिला बल में योगदान करने का आदेश दिया है जिन तेईस पुलिसकर्मियों को पुलिस महानिदेशक की गोपनीय शाखा से हटाया गया है उनमें एक पुलिस उपाधीक्षक रैंक के हैं जबकि अन्य पुलिस निरीक्षक पुलिस अवर निरीक्षक सहायक अवर निरीक्षक के अलावा अन्य सभी सिपाही और हवलदार रैंक के हैं प्रदेश के सतहत्तर हजार दो सौ इक्कीस ब्रथों पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और इसे अद्यतन करने के लिए आज विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है पहली जनवरी दो हजार इक्कीस को अठारह वर्ष की आयु पूरा करने वाले युवा सूची में अपना नाम जुड़वा सकेंगे साथ ही कैंप में नाम हटाने पता और लिंग में सुधार के लिये भी आवेदन लिये जायेंगे मतदाताओं को प्रपत्र छह में सभी सूचनायें दर्ज कर आवेदन पत्र बीएलओ को जमा कराना होगा राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश इलाकों में तापमान अब भी सामान्य से ज्यादा है हालांकि आज कई क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंड में बढ़ोतरी हुई है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक सुधांशु कुमार ने बताया कि अगले दो से तीन दिनों में ठंड में बढ़ोतरी होगी

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक वार्षिक परीक्षा दो हजार इक्कीस का एडमिट कार्ड आज जारी करेगा

हज दो हजार इक्कीस के लिये फार्म भरने की आज अंतिम तिथि है हज यात्रा के लिये अब तक एक हजार पांच सौ चौंतीस लोगों ने आवेदन दिया है इनमें छह सौ पैंसठ पुरूष और चार सौ इक्यावन महिलायें शामिल हैं इस बार कोविड उन्नीस की वजह से हज कमिटी ऑफ इंडिया ने अठारह वर्ष से कम और पैंसठ वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को हज यात्रा की अनुमति नहीं दी है बिहार राज्य हज कमिटी के चेयरमैन हाजी इलियास ने बताया कि हज के लिये इस बार बिहार को कोटा बारह हजार दो सौ लोगों का है भागलपुर जिले में अपराधियों के विरुद्ध चलाये गये विशेष अभियान के तहत पुलिस ने पिछले तीन दिन में एक सौ अट्ठाईस अपराधियों को गिरफ्तार किया है भागलपुर की वरीय पूलिस अधीक्षक निताशा गूड़िया ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से चार आग्नेयास्त्र इक्कीस कारतूस दो मैगजीन और एक बम बरामद किये गए हैं वहीं अलग अलग स्थानों से अपहृत तीन लड़कियों की सकुशल बरामदगी हुई है इनके अलावा लगभग सात सौ सत्ताईस लीटर विदेशी शराब और एक लाख से अधिक रुपये नकद जब्त किए गए हैं वहीं गया जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में प्रलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है नगर विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव सह स्मार्ट सिटी बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने पटना में भागलपुर स्मार्ट सिटी योजनाओं की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने दो माह के भीतर सत्तर फीसदी काम शुरू करने और छह माह के भीतर देश के शीर्ष पचास स्मार्ट सिटी में भागलपुर को शामिल करने का लक्ष्य दिया है खनन और भू तत्व विभाग की टीम अवैध बालू खनन के मामले में पटना के जेपी सेतु के पास गंगा नदी से दो नावों को जब्त किया है और साथ ही पांच लोगों को गिरफ्तार किया है खगड़िया जिले में एसटीएफ और मुफस्सिल पुलिस ने कार्रवाई कर हथियार के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार तस्कर मुंगेर जिले का रहने वाला है भागलपुर में एक युवती के साथ छेड़खानी मामले में केस दर्ज करने में देरी और आरोपी पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिये पीड़ित पक्ष पर फर्जी केस करने के आरोप में ललमटिया थानाध्यक्ष ओम प्रकाश को निलंबित कर दिया गया है चेन्नई में आज से सैयद मुस्ताक अली टी टवेंटी क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो रहा है इस टूर्नामेंट में कल बिहार टीम का मुकाबला अरूणाचल प्रदेश से होगा पटना में आयोजित ओपन टेनिस ट्र्नामेंट का वेटरन युगल का फाइनल मुकाबला आज अमलेश कुमार और राजन कुमार तथा नंदकिशोर और सौरव अग्रवाल के जोड़ियों के बीच खेला जायेगा बिहार की मुस्कान का चयन फीबा महिला एशिया कप दो हजार इक्कीस के भारतीय सीनियर महिला बास्केट बॉल टीम के प्रशिक्षण शिविर में किया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोविड उन्नीस टीकाकरण अभियान की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने लिखा है देशभर में सोलह से टीके लगेंगे प्रधानमंत्री ने समीक्षा बैठक में तैयारियों को परखा पहले अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मियों को टीकाकरण इस खबर को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हये लिखा है पटना के पंद्रह समेत राज्य के तीन सौ केन्द्रों पर लगेंगे टीके अब तक चार लाख बासठ हजार हेत्थ वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन प्रभात खबर की सुर्खी है जदयू भाजपा में मतभेद नहीं एकजुट है एनडीए सरकार अखबार लिखता है राजगीर में भाजपा का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू दैनिक जागरण ने जदयू की दो दिवसीय राज्य कार्यकारिणी की बैठक की खबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है हमने काम किया पर नीचे तक हमारी बात पहुंच नहीं पाई आज अखबार का शीर्षक है पंद्रह प्रतिशत तक बढ़ सकता है होल्डिंग टैक्स गंदगी फैलाने वाले खटाल संचालकों से निगम वसूलेगा जुर्माना और अब अंत में मुख्य समाचार राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान सोलह जनवरी से होगा शुरू

टीकाकरण के लिये तीन सौ केन्द्र बनाये गये

मौसम विभाग का पूर्वानुमान अगले दो से तीन दिनों में ठंड में होगी बढ़ोतरी